कृषि राज्य मंत्री परसोत्तम रूपाला ने सदन में शून्यकाल में यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि टिड्डी दल पर नियंत्रण पाने वाला भारत पहला राष्ट्र है और भविष्य में भी ऐसे संकट से निपटने की तैयारी करने के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर भी बातचीत चल रही है उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की ओर से इस बीच टिड़डी दल ने पंजाब राजस्थान और गुजरात के सीमाई इलाकों में प्रवेश किया है और फसलों को नुकसान पहुंचा है इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के किरोड़ीलाल मीणा ने शून्यकाल के दौरान यह मामला उठाया और कहा कि किसान इस गंभीर चुनौती का सामना कर रहे हैं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

इसके अलावा चीन की यात्रा के लिए ई वीजा सुविधाओं को अस्थायी रूप से रोका गया है इधर राज्य में भी कोरोना वाइरस को लेकर विशेष सतर्कता बरती जा रही है स्वास्थ्य विभाग को अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह द्वारा वाइरस से बचाव के बारे में जन जागरूकता तथा संदिग्ध मरीजों की जांच को लेकर रोजाना समीक्षा की जा रही है

समारोह में यूनेस्को की डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजौले को भी सम्मानित किया जाएगा इस मौके पर वर्ल्ड हेरिटेज सिटी जयपुर पर आधारित एक ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन भी दिखाया जाएगा कार्यक्रम के दौरान अल्बर्ट हॉल के आसपास यातायात के विशेष प्रबंध किए गए हैं पुलिस उपायुक्त राहुल प्रकाश ने बताया कि रामनिवास बाग के दक्षिणी गेट पूर्वी गेट तथा घोड़ा सर्किल से अल्बर्ट हॉल की तरफ यातायात बंद रहेगा

श्री गहलोत ने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा सप्ताह के अवसर पर कहा कि हमारे जीवन के लिए सड़क सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण है उन्होंने कहा कि ज्यादातर सड़क दुर्धटनाएं लापरवाही से वाहन चलाने या यातायात नियमों की अनदेखी के कारण होती हैं जिसे रोकने की जरूरत है जयप्र में अमर जवान ज्योति पर आयोजित हुए कार्यक्रम में परिवहन मंत्री प्रतापसिंह खाचरियावास ने कहा है कि हमें यातायात नियमों के पालन का संकल्प लेना होगा

अलवर में पुलिस अधीक्षक अनिल परिस देशमुख ने राहगीरों को फूल देकर यातायात के नियमों की पालना करने के लिए समझाइश कार्यक्रम का शुभारंभ किया

लोगों में इस रोग को लेकर जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल यह दिन मनाया जाता है प्रदेश में भी आज सभी जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए बीकानेर से हमारे संवाददाता ने बताया कि शहर के पीबीएम अस्पताल में बडी संख्या में कैंसर रोगी पड़ौसी राज्यों से भी आते हैं

प्रदेश की कृषि उपज मण्डियां तथा उप मण्डियां जल्द ही सौर ऊर्जा से रोशन होंगी साथ ही जयपुर में मुहाना स्थित फल सब्जी मंडी प्रांगण का भी कायाकल्प होगा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए विभिन्न मण्डियों में सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने की योजना और मुहाना मंडी में कचरा संयंत्र स्थापित करने को स्वीकृति दे दी है

मुख्यमंत्री ने बाबा मोहन राम किसान महाविद्यालय भिवाड़ी को राजकीय महाविद्यालय घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है

पत्र सूचना कार्यालय की अपर महानिदेशक प्रज्ञा पालीवाल गौड़ की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में विभिन्न मीडिया इकाइयों तथा विभागों द्वारा पिछले माह में किए कार्यों की समीक्षा की गई